लोकसभा चुनाव के मद्देनजर शराब की अवैध तस्करी को रोकने के लिए प्रदेश की सीमाओं पर बनाई जाएंगी अस्थायी चेक पोस्ट कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी आज रायपुर में सबके लिए स्वास्थ्य का अधिकार विषय पर आधारित कार्यशाला में शामिल हुए नारायणपुर जिले में दो इनामी सहित तीन माओवादियों ने किया आत्मसमर्पण सुब्रत साहू संवाद छत्तीसगढ़ के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी सुब्रत साहू ने आज लोकसभा चुनाव के मद्देनजर आम नागरिकों के साथ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म फेसबुक पर सीधा संवाद किया श्री साहू दोपहर बारह बजे से एक बजे तक सीईओ कार्यालय के फेसबुक पेज पर लाइव रहे इस दौरान उन्होंने मतदाताओं की निर्वाचन संबंधी जिज्ञासाओं का समाधान करने के साथ ही उनके सवालों के जवाब दिए

इस दौरान श्री साहू ने आम नागरिकों को मोबाइल एप्लीकेशन सी विजिल ऐप के बारे में भी बताया उन्होंने जानकारी दी कि इसके माध्यम से मतदाता आदर्श आचार संहिता उल्लंघन की शिकायत सीधे निर्वाचन आयोग को कर सकते हैं लोस चुनाव आबकारी प्रदेश में लोकसभा चुनाव को देखते हुए आबकारी विभाग ने शराब और अन्य नशीले पदार्थों के अवैध कारोबार पर अंक्श लगाने के लिए अधिकारियों को सतर्क रहने के निर्देश दिए हैं इस सिलसिले में आज रायपुर में आबकारी आयुक्त डॉक्टर कमलप्रीत सिंह ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिये सभी जिला आबकारी अधिकारियों की बैठक ली उन्होंने अधिकारियों से कहा कि चुनाव के दौरान विभाग को अतिरिक्त सतर्कता बरतने की जरूरत है डॉक्टर सिंह ने कहा कि शराब और मादक पदार्थों के संभावित तस्करी अवैध परिवहन और अवैध कारोबार को रोकने के लिए अधिकारी कलेक्टर के साथ समन्वय बनाकर उनके मार्गदर्शन में जरूरी कदम उठाएं आबकारी आयुक्त ने कहा कि प्रदेश की सीमाओं पर कड़ी निगरानी रखी जाएं अन्य राज्यों से अवैध शराब की संभावित आवक और तस्करी रोकने के लिए चिन्हांकित स्थानों पर अस्थायी चेक पोस्ट भी स्थापित किए जाएं उन्होंने अधिकारियों को सभी चेक पोस्ट में वीडियो रिकॉर्डिंग करने की व्यवस्था करने के भी निर्देश दिए महासमुंद नगद बरामद महासमुंद जिले में लोकसभा चुनाव के मद्देनजर तलाशी अभियान के दौरान आज सुबह सरायपाली सिंघोड़ा पुलिस ने ओडिशा की ओर से आ रही एक कार से पांच लाख रूपये की राशि बरामद की है यह राशि आनाकांटा माल ओडिशा निवासी स्वाधीन खटवा की बताई जा रही है पुलिस ने अग्रिम कार्रवाई के लिए मामला तहसील सरायपाली की टीम को सौंप दिया है वहीं इसी जिले में बीती रात एक कार से भी नौ लाख रूपये नगद बरामद किए गए हमारे संवाददाता से मिली जानकारी के मुताबिक लोकसभा चुनाव के लिए गठित निगरानी टीम सरायपाली थाना क्षेत्र के बलोदा चौकी के अंतर्गत सिरपुर नाका के पास वाहनों की जांच कर रही थी इसी दौरान पदमपुर ओडिशा की ओर से आ रहे एक वाहन से जांच के दौरान लगभग नौ लाख रूपये बरामद किए गए यह रूपये भिलाई दुर्ग निवासी धीरज अरोरा का बताया जा रहा है बरामद रूपये का वैध दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किए जाने पर निगरानी टीम ने प्रकरण तैयार कर मामला जिला स्तरीय समिति को सौंप दिया है राहुल गांधी रायप्र कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष राहल गांधी आज संक्षिप्त प्रवास पर राजधानी रायपुर पहंचे श्री गांधी यहां सबके लिए स्वास्थ्य का अधिकार विषय पर आधारित कार्यशाला में शामिल हुए इस मौके पर उन्होंने कार्यशाला में उपस्थित लोगों से स्वास्थ्य से जुड़े विषयों पर बातचीत की कार्यशाला में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी पीएल पुनिया सहित देश के जाने माने चिकित्सा विशेषज्ञ शामिल हुए श्री गांधी इसके बाद ओडिशा के लिए रवाना हो गए आयकर आयुक्त सभा छत्तीसगढ़ के मुख्य आयकर आयुक्त एसएसबी राय ने कहा है कि करदाताओं के द्वारा अदा किए जाने वाले टैक्स से ही सीमाओं की सुरक्षा होती है उन्होंने कहा कि सीमा पर जो भी फंड जाता है वह प्रत्यक्ष कर के संकलन से ही भेजा जाता है यह बात श्री राय ने कल रायगढ़ में आयोजित करदाताओं चार्टर्ड अकाउंटेंट और आयकर सलाहकारों की सभा को संबोधित करते हुए कही उन्होंने बताया कि इस बार छत्तीसगढ़ का कर संग्रह बजट तिहत्तर सौ करोड़ रूपये है

आत्मसमर्पित दो माओवादियों पर तीन लाख रूपये का इनाम घोषित था ये सभी माओवादी अब्झमाड़ इलाके में सक्रिय थे और माओवादियों को जरूरी सामानों की आपूर्ति करते थे उधर कबीरधाम जिले में कल पुलिस और माओवादियों के बीच हुई मुठभेड़ के बाद पुलिस ने आठ माओवादी सहयोगियों को गिरफ्तार किया है गिरफ्तार माओवादी सहयोगियों से पूछताछ की जा रही है गौरतलब है कि जिले के भोरमदेव अभयारण्य के जंगल में हुई मुठभेड़ में पुलिस ने कई माओवादियों के मारे जाने या घायल होने का दावा किया था वहीं तलाशी अभियान के दौरान पुलिस ने पिट्टू बैग क्कर बम वर्दी बैटरी भरमार बंद्रक की गोली कपड़ा टॉर्च दवाई इंजेक्शन और कलर प्रिंटर सहित भारी मात्रा में सामान जब्त किया है जवान आत्महत्या सुकमा जिले में डिस्ट्रिक्ट रिजर्व ग्रूप डीआरजी के एक जवान ने खुद को गोली मारकर आत्महत्या कर ली आत्महत्या के कारणों का पता नहीं चल पाया है मिली जानकारी के अनुसार चिंतागुफा थाने में हवलदार के पद पर तैनात सोयम रमेश ने आज सुबह ड्यूटी के दौरान सर्विस रायफल एके सैंतालीस से खुद को गोली मार ली घटनास्थल पर ही जवान की मौत हो गई घटना की जानकारी मिलते ही उच्च अधिकारी मौके पर पहंचे और जांच शुरू कर दी पुलिस अधिकारियों का कहना है कि सोयम रमेश डीआरजी की जिस टीम में काम कर रहा था वह टीम दो दिन पहले ही छटटी से लौटकर आई थी जवान के आत्महत्या के कारणों को जानने के लिए पुलिस उसके परिजनों से पूछताछ करेगी विश्व उपभोक्ता दिवस आज विश्व उपभोक्ता संरक्षण दिवस मनाया जा रहा है इसका उद्देश्य उपभोक्ताओं के संरक्षण और आवश्यकताओं के बारे में वैश्विक जागरूकता पैदा करना है इस बार का विषय है भरोसेमंद स्मार्ट वस्तुएं उपभोक्ता संरक्षण का मतलब है कि हर खरीददार या उपभोक्ता को विभिन्न वस्तुओं पदार्थो और सेवाओं की गुणवत्ता मात्रा शुद्धता दाम और मानदंड के बारे में जानने का पूरा अधिकार है कृषि विवि सिंचाई प्रणाली इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय के वैज्ञानिकों ने मृदा नमी पर आधारित स्मार्ट सेंसर युक्त स्वचलित ड्रिप सिंचाई प्रणाली विकसित की है इस प्रणाली के तहत कम लागत वाली सेंसर तकनीक विकसित की गई है जिससे मिट्टी की नमी एक वांछित स्तर तक बनी रहती है और फलों को अधिक से अधिक मृदा नमी का लाभ मिलता है यह प्रणाली डॉक्टर धीरज खलको डॉक्टर एमपी त्रिपाठी और इंजीनियर प्रफुल्ल कटरे द्वारा विकसित की गई है मौसम प्रदेश के कुछ हिस्सों में पिछले दो तीन दिनों से हल्की से मध्यम बारिश हो रही है आज भी बिलासपुर और सरगुजा संभाग में कुछ जगहों पर बारिश के साथ ओले गिरने के समाचार मिले हैं हमारे संवाददाता से मिली जानकारी के अनुसार सरगुजा जिला मुख्यालय अंबिकापुर के अलावा लखनपुर उदयपुर और लुण्ड्रा सहित आसपास के क्षेत्रों में तेज हवाओं के साथ ओले गिरे हैं वहीं कल कोरिया जिला मुख्यालय बैकुंठपुर और आसपास के क्षेत्रों में तेज आंधी तुफान तथा ओलावृष्टि से जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है नगर में कई जगह पेड़ उखड़ गए हैं वहीं बिजली के तार ट्रटने से विद्युत आपूर्ति कल शाम से बाधित है मौसम विभाग के मुताबिक आगामी चौबीस घंटों के दौरान प्रदेश में कहीं कहीं हल्की बारिश और तेज हवाएं चलने की संभावना है संक्षिप्त समाचार भारतीय प्रशासनिक सेवा के चार अधिकारियों के प्रभार में फेरबदल किया गया है वरिष्ठ आईएएस भीम सिंह को मनरेगा का नया आयुक्त बनाया गया है भारतीय जनता पार्टी की रायपुर लोकसभा क्षेत्र की विधानसभा स्तरीय बैठक परसों सत्रह मार्च से शुरू होगी जबकि विधानसभा स्तरीय कार्यकर्ता सम्मेलन पच्चीस मार्च से दो अप्रैल के बीच आयोजित किए जाएंगे